सात राज्यों के उनसठ चुनाव क्षेत्रों में रविवार को मतदान किया जायेगा उत्तर प्रदेश की चौदह हरियाणा की दस पश्चिम बंगाल बिहार और मध्य प्रदेश की आठ आठ दिल्ली की सात और झारखंड की चार सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे

इस अवसर पर जिले के विभिन्न आपदा राहत तैयारी योजना आदि का जिला उपायुक्त ने मुआयना किया

डॉ सिंह ने संबद्ध विभाग से हफ्ते के चौबिसों घंटे जिला आपातकालिन ऑपरेशन केन्द्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया

संगठन ने आरोप लगाया कि अब तक सड़क मार्ग का मात्र सत्तर प्रतिशत कार्य ही समाप्त हुआ है इसके बावजूद कंपनी का इस महीने के अंत तक कार्य समाप्ति रिपोर्ट सौंपने के आसार है साथ ही संगठन ने कहा की निर्मित सड़क मार्ग के किनारे एक भी कचरा निपटान संयंत्र नहीं बनाया गया है जिसके वजह से कई कृषि बागवानी भूमि और गांव के आवासीय इलाकों में बेकार पड़े मिट्टिया नुकसान पहुंचा रही है

लोनली प्लानेट मेगजीन इंडिया ट्रावेल अवार्ड द्वारा अरुणाचल प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ उभरते भारतीय गंतव्य के सम्मान से सम्मानित किए जाने के बाद ही अरुणाचल प्रदेश को वैश्विक पर्यटन रडार पर रखा गया है

पूर्णे स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के अनुसंधान दल ने अरुणाचल प्रदेश के इगलनेस्ट क्षेत्र में सर्वेक्षण करते वक्त इस सांप को पाया

बैठक में सियांग ट्रांसपोर्ट को ओपारेटिव सोसायटी आलो में टाटा सूमो टर्मिनल की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया शौचालय काऊंटर सुविधा और सभी टाटा सूमो को समायोजित करने के लिए संबंध क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है वही ट्रक ट्रेक्टर्स टाटा मोबाईल पीक अप वेन बस जैसे व्यवसायिक वाहनों को शहर के बाहर रखने का निर्णय लिया गया ट्रक और बसों से सामानों को उतारने के लिए समय तय किया गया

स्वामी योगिश्वरनन्दा महाराज स्वामी इशानंदा महाराज और संस्थान के अन्य सदस्यों ने इन दो गांवो के सदस्यों के साथ बातचीत की

भारत की ओर से सुमित कुमार जूनियर और रुपिन्दर पाल सिंह ने गोल किए रुपिन्दर ने छठे जबकि सुमित ने बारहवें और तेरहवें मिनट में गोल किये रुपिन्दर ने चोट लगने के कारण करीब आठ महीने बाद टीम में वापसी की है पांच मैचों की श्रृंखला में भारत का अगला मैच सोमवार को होगा पहले मैच में ब्धवार को भारत ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया थंडरस्टिक्स को दो श्रन्य से हराया था भारत का ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय टीम के साथ मैच पंद्रह और सत्रह जून को होना है

आज का अधिकतम तापमान बाईस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटों के दौरान सत्रह दशमलव आठ मिलीमीटर बारिश दर्ज कराया गया